किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मानवतावादी सभी शक्तियों को निहित स्वार्थ छोड़कर आतंकवाद से लड़ने के लिए एकज्ट हो जाना चाहिए उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद को आर्थिक और अन्य सहयोग देने वाले देशों को आतंकी गतिविधियों का जिम्मेदार और जवाबदेही माना जाना चाहिए भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आहवान करता है

हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुमव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत दो वर्ष से शंघाई सहयोग संगठन का स्थाई सदस्य है और उसने संगठन की समी गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग दिया है उन्होंने स्वास्थ्य देखमाल टेली मेडिशन क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता शंघाई सहयोग संगठन के अन्य देशों के साथ साझा करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को एक दूसरे से मिलने के साथ ही सदस्य देशों का आपस में संपर्क रखना भी महत्वपूर्ण है इससे पहले प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर ल्यूकाशंको के साथ बैठक की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस क्षेत्र के विकास और सहयोग के बारे में दोनों देशों के एक समान लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति स्रोनबे जीनबाकोफ के साथ भी बैठक की आज ही किर्गिस्तान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय वार्ता की

नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पहले पर्यावरण और वन विभाग की स्वीकृति मिलने में छह सौ चालिस दिन लगते थे और अब सिर्फ एक सौ आठ दिन में स्वीकृति मिल जाती है उन्होंने कहा कि सरकार इस अवधि को और घटाकर दो महीने करना चाहती है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती देश के निर्यात को बढ़ाना है और उद्योगों को इसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार उद्योग और सबके साथ काम करना चाहती है पर्यावरण की रक्षा करते हए विकास भी सुनिश्चित करे इसके लिए काम करना चाहती है और इसमें आपके सुझावों का स्वागत है केन्द्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार सबके लिए आवास का लक्ष्य दो हजार बाईस की निर्वारित अवधि की बजाय दो हजार बीस के शुरू में ही हासिल कर लेगी उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के दौरान ही तिरासी लाख मकानों की मंजूरी दी जा चुकी थी आज नई दिल्ली में एक समारोह में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना विश्व में सदसे तेजी से अमल होने वाली परियोजनाओं में से है उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसम्बर के अंत तक स्मार्ट शहरों में पचास एकीक़त कमान और नियंत्रण केन्द्र चालू हो जाएंगे आज विश्व रक्तदान दिवस है यह दिवस सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने और रक्तदाताओं का आमार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है रक्त दान और सबके लिए सुरक्षित रक्त संचरण इस वर्ष का नारा है सबके लिए सुरक्षित रक्त प्रदेश के सभी जिलों में विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया हरदोई जिले में आयोजित रक्तदान शिकिर में महिलाओं ने भी भाग लिया बलरामपुर के जिला संयुक्त चिकित्सालय के ब्लड बैंक में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया अमरोहा और बलिया से भी रक्तदान शिविर के आयोजन का समाचार है बरेली जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में आज दोपहर हुए एक सड़क हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी जबकि छः लोग घायल हो गये बताया जाता है कि टेम्पो अलीगंज से सिरौली की तरफ जा रहा था जब मार्ग में एक पिक्रप गाड़ी से उसकी टक्कर हो गयी इस हादसे में साइकिल सवार दम्पत्ति भी दर्घटना के शिकार हो गये घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जहां दो की हालत गम्भीर बनी हई है